इसके अनुसार राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन वे केन्द्र सरकार के साथ पहले से परामर्श के बिना कन्टेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्यो के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी इस बीच छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने के बावजूद लापरवाही बरतने की वजह से कई मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही है इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण नजर आते ही वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने में देरी न करें ताकि मुत्यु दर कम की जा सके वहीं प्रदेश में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए शासन प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है आज रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में बिना मास्क के पाए जाने पर नौ कर्मचारियों से अर्थदण्ड वसूला गया गौरतलब है कि मंत्रालय में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कोरोना समाचार जागरूकता द्सरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की कोरोना नियंत्रण को लेकर गंभीरता कितनी कम है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्यता की जानकारी देने वाली वेबसाइट पिछले दो महीने से बंद पड़ी हुई है जिसके कारण कोरोना मरीजों को बेड की उपलब्यता की सही जानकारी नहीं भिल पा रही है इस बीच छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि पदमश्री सुरेन्द्र दुबे ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

चाल विपणन वर्ष में करीब ढाई लाख नये किसानों ने अपना पंजीयन कराया है इस तरह कल इक्कीस लाख अडतालीस हजार किसानों का पंजीयन किया गया है इस वर्ष धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब दस प्रतिशत अधिक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागीय अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां जल्द पूरी करने को निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के लिए सॉफ्टवेयर में उपार्जन केन्द्रों की मैपिंग का कार्य जारी है साथ ही विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीदी कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है इस बीच खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने धान खरीदी की तैयारियों को देखने के लिए महासमुंद जिले के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रो का औचक निरीक्षण किया इसके अलावा विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने भी आज धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव और खाद्य विभाग के सचिव द्वारा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षा बैठक ली जाएगी इसमें सभी संभाग आयुक्त जिला कलेक्टर पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे साइबर संगवारी सेवा राज्य सरकार द्वारा आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा की शुरूआत की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस अभियान के लिए साइबर संगवारी वाहनों को राजधानी रायपुर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साह भी उपस्थित थे पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच पंच शिक्षाकर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिन और बीट आरक्षक की मदद से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा साइबर संगवारी आम जनता को इस बात के लिए भी सतर्क करेंगे कि वे अपनी बैंक संबंधी जानकारी किसी को भी न दें वहीं सोशल मीडिया पर अनजबी लोगों से दोस्ती न करें किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन न करें वहीं इस बात के लिए भी जागरूक किया जाएगा कि ग्गल के किसी भी साइटस पर मदद के लिए केवल टोल फ्री नंबर जैसे एक आठ शून्य शून्य से प्रारंभ होने वाले नंबरों पर ही फोन करें रेल दुर्घटना अभ्यास रेल दुर्घटना से बचाव को लेकर आज रायपुर रेलमंडल के संरक्षा विभाग और एनडीआरएफ कटक ओडिशा की टीम ने भिलाई में संयुक्त अभ्यास किया करीब दो सौ कर्मचारियों और जवानों ने यह संयुक्त मॉकड़िल कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की इस दौरान सवारी गाड़ी के डिब्बे में बम विस्फोट से आग लगने के बाद बचाव कार्य का अभ्यास किया गया इस दौरान प्रभावितों को द्रेन के डिब्बों से सुरक्षित बाहर निकालने और उनकी मदद करने के साथ ही आग बुझाने का भी अभ्यास किया गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल द्वारा आयोजित यह संयुक्त अभ्यास आज सुबह भिलाई डिपार्चर यार्ड में किया गया मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए आम लोगों से अपील की कि वे आपात स्थिति में लोगों की सहायता कर रेल प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा इसे आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सना जा सकेगा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप माइ जीओवी फोरम या टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भेज सकते हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियो से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी श्रोता आकाशवाणी रायपूर के द्रभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शन्य पांच शन्य एक और दो चार तीन शन्य पांच शन्य दो पर कल और परसों अपने सवाल दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड केरा सकते हैं मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तेरहवीं कड़ी का प्रसारण तेरह दिसंबर को होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से सुना जा सकेगा

यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बघाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति और अवसर की समानता प्रदान करता है संविधान दिवस पर कल शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाएगा इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ंटेलीविजन के माध्यम से दिए गए संदेश को बूथ स्तर पर लोगों को सुनाने की व्यवस्था की गई है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा भी कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इसके साथ ही कल दोपहर दो बजे से मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी डीजीपी बैठक राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी कल से प्रदेश के सभी जिलों में घटित आपराधिक घटनाओं की समीक्षा बैठक ्लेंगे इसकी शुरूआत रायपुर जिले से की जाएगी इन बैठकों में बीती एक जनवरी से पच्चीस नवंबर तक की अवधि में हुई आपराधिक प्रकरणों की स्थिति प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अनसुलझे तथा संवेदनशील मामलों की समीक्षा की जाएगी माओवादी समाचार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई दो लाख रूपये की नगद राशि और माओवादी वर्दी बरामद की हैं ये चीजें आत्मसमर्पित माओवादी सोमड़ू की निशानदेही पर बड़ेडोंगरा इलाके से मिली है इधर राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा रखी गई विस्फोटक सामग्री के साथ अन्य सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों के गश्ती दल ने औंधी के मेटातोड़ के पहाड़ियों के जंगलों से आज सुबह सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा रखा गया करीब पचास किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया यह विस्फोटक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से प्लास्टिक के ड्रम में छिपाकर रखा था वहीं जिले के ही गातापार मलैदा स्थित कौहाबाहरा के जंगलों से भी बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई हैं यहां से बंदक का बैरल और बिजली के तार के साथ अन्य उपकरण भी मिले हैं डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आत्मसमर्पित माओवादियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई की राज्यपाल कैडेटस मुलाकात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पासआउट छत्तीसगढ़ के कैडेट्स को अपनी श्मकामनाए देते हुए उनकी इस उपलब्धि को पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाले बताया है छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान की अग्रवाई में छत्तीसगढ़ के कैडेटस ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वास जताया कि ये कैडेट्स समर्पित होकर देश की सेवा करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करेंगे वहीं ब्रिगेडियर श्री चौहान ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये कैडेट्स वायू थल और नौसेना से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे अहमद पटेल निधन कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल का आज सुबह गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया वे इकहत्तर वर्ष के थे उन्हें कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था उपराष्टपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है आज रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा पदाधिकारियों ने श्री पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की बीएड प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष सरकारी और निजी कॉलेजों में बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी विद्यार्थियों को मेरिट सूची के आधार पर कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी इसके लिए एससीईआरटी ने तीन चरणों का कार्यक्रम जारी किया है इसके तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी बीएड के काउंसिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल तीस जनवरी तक पूरा करना होगा हाथी आतंक बालोद सीमा क्षेत्र से होकर जंगली हाथियों का एक दल फिर से धमतरी जिले के तुमाबुजुर्ग के जंगलों में पहुंच गया है

इस दल के पहुंचते ही वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है जिला वन अधिकारी अमिताम वाजपेयी ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है तुमाबुजूर्ग तुमड़ाबहार और विश्रामपुर जैसे गांवों में मुनादी कराकर लोगों को जंगलों की ओर न जाने की समझाइश दी जा रही है वहीं ग्रामीणों को घरों के सामने ँ अलाव जलाकर रखने को कहा गया है ताकि हाथी घरों में न घूसें इस क्षेत्र के अधिकतर गांव जंगल से लगे हए हैं जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत है मौसम चक्रवाती तूफान निवार का छत्तीसगढ़ के मौसम पर सीधा असर नहीं होगा लेकिन इसके कारण राज्य में बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में आ रही नमी से मौसम बदल सकता है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र ने प्रदेश के कई इलाकों में कल और परसों हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है राज्य के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है बस्तर रायपूर और दूर्ग संभाग में कल कुछ स्थानों पर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी बिलासपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भी वर्षा होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिकों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए रायपुर शहर में नवनिर्मित छह विकास कार्यों का कल लोकार्पण किया इनमें स्मार्ट रोड सिटी कोतवाली देवेन्द्र नगर सड़क सौंदर्याकरण जवाहर बाजार बूढ़ातालाब में म्यूजिकल फाउंटेन और कलेक्टोरेट उद्यान का विकास कार्य शामिल हैं केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कल छब्बीस नवंबर को श्रमिक संगठनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आव्हान किया गया है

केन्द्र सरकार द्वारा पारित संशोधित कृषि काननों को वापस लेने और समर्थन मृत्य गारंटी कानन की मांग को लेकर राजनादगाव जिला किसान संघ के बैनर तले किसान कल से दो दिवसीय ऑदोलन करेंगे इसके तहत कल शहर में किसान श्रृंखला बनाई जाएगी इसी जिले के विभिन्न विमागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी राज्य स्तरीय आव्हान पर एक दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे यह आंदोलन राज्य सरकार के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा दूर्ग पुलिस ने आज एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है साथ ही तेरह मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं दूर्ग में करीब आठ लाख रूपये की शासकीय राशि गबन करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर आज भेज दिया देवउठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपूर सहित प्रदेशमर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा टी द्वेंटी राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए तैंतीस खिलाड़ियों का चयन किया गया है इन खिलाड़ियों का अभ्यास शिविर कल से राजघानी रायपुर में शुरू हो गया है वहीं रणजी कैम्प के लिए रायगढ़ जिले से रवि सिंह को चुना गया है